उन्होंने कहा कि कोरोना से होने वालो मृत्यू दर को देखते हुए विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत संमली हुई स्थिति में है श्री मोदी ने अनलॉक के दौरान भी लोगों को महामारी से बचाव के लिए समी एहतियाती उपाय करने को कहा उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने कोरोना से बचाव के नियमों का बह्त गंभीरता से पालन किया था लेकिन अनलॉक के बाद व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बढ़ी है उन्होंने कहा कि सरकार और स्थानीय निकाय की संस्थाओं और नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है श्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की भी घोषणा की इसके अंतर्गत देश की अस्सी करोड़ से अधिक की आबादी को निशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के विस्तार में नबे हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ते हुए देश में अस्सी करोड़ से ज्यादा लोगों को तीन महीने का राशन निःशुल्क दिया गया उन्होंने कहा कि बीते तीन महीनों में बीस करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे इकत्तीस हजार करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं इस दौरान नौ करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में अटठारह हजार करोड रुपए जमा कराए गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू हो रही है इसका सबसे बड़ा लाम उन नागरिकों को मिलेगा जो रोजगार के लिए अन्य स्थानों पर जाते हैं प्रधानमंत्री ने करदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि नागरिकों के ईमानदारी से टैक्स भरने के कारण ही देश आज इतने बडे संकट का मुकाबला कर पा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रंदेलखंड के लिए हर घर नल योजना का श्मारंभ किया जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के पहले चरण में दो हजार एक सौ पचासी करोड़ रुपए से अधिक की लागत से क्षेत्र में बारह ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा इससे बुंदेलखंड और विंध्याचल के एक विशाल क्षेत्र के लोगों के घरों तक पाइप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति संभव होगी झांसी में आयोजित एक कार्यक्रम में योजना का श्भारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ब्देलखंड के विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं उन्होंने कहा कि कभी सूखे के लिए अभिशप्त माना जाने वाला ब्देलखंड क्षेत्र आज देश में जल जीवन मिशन का पहला केंद्र बिंदु बना है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष फरवरी में झांसी में बुंदेलखंड पाइप पेयजल योजना का शिलान्यास किया था मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों के भीतर बुंदेलखंड की प्रत्येक ग्राम पंचायत के हर घर तक पाइप पेयजल पहुंचाने का है योजना से झांसी महोबा और ललितपुर जिलों की चौदह लाख से अधिक की आबादी को पेयजल आपूर्ति संभव हो सकेगी देश में अब तक तीन लाख चौंतीस हजार आठ सौ बाईस कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं स्वस्थ होने की दर उन्सठ दशमलव शून्य छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में इस वायरस से तेरह हजार निन्यानबे रोगी ठीक हुए हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में अट्ठारह हजार पांच सौ बाईस लोगों में कोविड की पृष्टि हई है अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या पांच लाख छाछठ हजार आठ सौ चालीस हो गई है एक दिन में चार सौ अट्ठारह लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या सोलह हजार आठ सौ तिरानवे हो गई है इस समय देश में दो लाख पन्द्रह हजार एक सौ पच्चीस मरीजों का इलाज चल रहा है केंद्र सरकार ने लॉकडाउन खोलने के दूसरे चरण अनलॉक दो के लिए नये दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट की अनुमति दी है नए दिशा निर्देश कल यानी पहली जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्द ढंग से दोबारा शुरु करने की बात कही गई है इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को इकतीस जुलाई तक कडाई से लागू किया जाएगा गृह मंत्रालय ने कहा है कि मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम रिविमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य जगहे बंद रहेंगी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकद शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड भाड वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी विद्यालयों महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है अब कर्फ्यू रात दस बजे से स्बह पाँच बजे तक के लिए लागू होगा लखनऊ के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंघान संस्थान ने कोविड नाइन्टीन की जांच के लिए एक आध्निक प्रयोगशाला स्थापित की है यह प्रयोगशाला भारतीय चिकित्सा अनुसंघान परिषद विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्थापित की गई है